यह कार्यक्रम बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का उत्तर देंगे और विद्यार्थीयों से परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे फरवरी दो हजार अट्ठारह के दौरान परीक्षा पे चर्चा के पहले संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धा की बजाय अनुस्पर्धा के महत्व के बारे में बताया था उन्होंने कहा था कि हमें जल्दी परिणाम हासिल करने की बजाय बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए

बातचीत के दौरान डॉ मिश्रा ने युवाओ के बीच नौकरी के पीछे भागने के बजाय स्टर्टअप शुरु करने की अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने युवाओ द्वारा पारम्परिक हथकरधा और हस्तशिल्प को अपनाने तथा बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि छह वर्ष और उसके ऊपर के प्रत्येक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए बाद में राज्यपाल ने पाके टाईगर रिजर्व फॉरेस्ट में भालू पुनर्वास केंद्र का दौरा भी किया दौरे के दौरान राज्यपाल ने वाइल्ड लाइप ट्रस्ट ऑफ इंडिया से वन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की और अड़तालीस भालुओ को बचाकर उन्हें सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ने के लिए उनकी सराहना की

केंद्र सरकार की योजना के तहत देश के भीतर आतंकवादियों सीमापार की गोलीबारी और बारुदी सुरंग विस्फोट और आईडी विस्फोट से पीड़ितो के परिजनों और नागरिकों को सहायता प्रदान की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि निर्धारित लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण देना होगा

असम और मेघालय अभी के निवासी के दायरे में नही है पात्र व्यक्ति को जब तक आधार संख्या नही मिल जाती तब तक वह आधार नामांकन पहचान की रसीद दिखाकर योजना के लाभ ले सकेगा

समारोह में श्री लिगु ने कहा कि स्कूल पुलिस कैडेट परियोजना पुलिस छात्र बातचीत कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के बीच अनुशासन और नागरिक मूल्य की भावना पैदा करने पर विशेष रुप से ध्यान देती है उन्होंने विद्यार्थीयों से इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाने और बेकार के असामाजिक गतिविधियों में अपना समय बर्बाद करने से बचने को कहा जिला उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को अनुशासित रहने और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए मेहनत करने पर प्रशिक्षित किया जाएगा उन्होंने पुलिस विभाग से छात्रों के बीच यातायात नियमों और नशे की लत पर अधिक से अधिक जागरुकता पैदा करने का आग्रह भी किया

उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को इस दौरान व्यक्तिगत रुप से यातायात की निगरानी करने का निर्देश दिया ये बात जिला उपायुक्त ने कल अपने कार्यालय में आई एल पी की जांच और यातायात प्रबंधन प्रणाली तथा राजधानी क्षेत्र में यातायात प्रणाली को बेहतर करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित बैठक में कही उन्होंने पायलट परियोजना के रुप में नाहरलगन में ट्राफिक गतिविधियों की निगरानी के लिए द्रोन का उपयोग करने का प्रस्ताव भी रखा

कार्यक्रम में राज्यभर से करीब पचास संगठनों के भाग लेने की उम्मीद है कार्यशाला का आयोजन मुख्य रुप से संगठनों में सामुदायिक रेडियों उनके विनियोग ऑपरेशन पहलू आदि की धारणाओ के बारे में जागरुक करना है